अमित शाह राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता मैदान में उतरे

कांग्रेस ने बताया अदूरदर्शी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रदेश के भिंड में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने अपना संबोधन न्याय योजना किसानों के लिए अलग बजट नोटबंदी के प्रतिकूल प्रभाव और रफाल विमान सौदे पर केन्द्रित रखा उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों और युवाओं के साथ अन्याय किया है परंतु कांग्रेस उनके साथ न्याय करेगी

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गरीबों युवाओं और शहीदों के परिवारों के खातों में धनराशि सीधे अंतरण करना चाहती है राहुल गांधी ने मुरैना और ग्वालियर में भी रैलियों को संबोधित किया इधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अब से कुछ देर बाद उज्जैन के खाचरौद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे उसके बाद श्री शाह भोपाल संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे स्मृति इरानी वरिष्ठ भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने आज सागर लोकसभा क्षेत्र के बीना में एक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति झूठ पर टिकी है प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया और गर्भवती महिलाओं को केन्द्र की ओर से दी जाने वाली राशि को भी खर्च कर लिया गया श्रीमती इरानी के संबोधन के दौरान ही बिजली गुल हो गई इस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यही कांग्रेस की असलियत है वहीं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से क्छ देर पहले शिवपुरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोकसभा चुनाव आतंक और अराजकता के खिलाफ है श्री योगी ने कांग्रेस पर आजादी से लेकर अब तक जनता से झूठ बोलकर छल करने का आरोप लगाया इससे पहले श्री योगी ने मुरैना के अंबाह में चुनावी सभा को संबोधित किया इस दौरान केंद्रीय मंत्री और मुरैना से भाजपा प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद थे

सेवानिवृत्त मेजर जनरल टी के कौल और श्याम श्रीवास्तव ने भी आज भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव प्रचार में सेना के इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर की कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में साधु संतों ने आज राजधानी भोपाल में रोड शो किया सीहोर में भी श्री सिंह के पक्ष में कई साध् संतों ने चुनाव प्रचार किया गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के मुंगावली में रोडशो किया वहीं अभिनेत्री और भाजपा नेता जयाप्रदा कल दतिया में भिण्ड से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी इस मौके पर पूर्व मंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्र भी मौजूद रहेंगें राफेल कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने राफेल विमान सौदे पर अपनी टिप्पणी के लिए उच्चतम न्यायालय का गलत ढंग से हवाला देने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है गौरतलब है कि श्री गांधी ने राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ यह टिप्पणी की थी तीन पृष्ठों के नये हलफनामे में कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर कहा कि वे उच्चतम न्यायालय का सर्वाधिक सम्मान और आदर करते हैं उन्होंने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर कार्रवाई बंद करने का आग्रह भी किया राजगढ़ चुनाव इस रविवार प्रदेश के जिन आठ लोकसस्भा सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसी में से एक है राजगढ़

इसका विमोचन प्रदेश मुख्यालय में भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर ने किया इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूदा सांसद आलोक संजर सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे संकल्प पत्र में किसान कल्याण के लक्ष्य को सुनिश्चित करने छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा डिजिटल कनेक्टिविटी का जिक है इसके अलावा युवाओं के लिए स्टार्ट अप के जरिए रोजगार बढ़ाने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने और गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जीवन बिताने के लिए विभिन्न योजनाओं पर जोर देने की बात कही गई है उधर कांग्रेस ने भाजपा के दृष्टिपत्र पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें भोपाल के विकास को लेकर कोई दूरदृष्टि नहीं हैं मतदाता जागरूकता प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किये जा रहे हैं इसी कम में कल गुना में तभी बढ़ेगी गुना की शान जब होगा शत प्रतिशत मतदान की थीम पर बाइक रैली का आयोजन किया जायेगा

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज विशाखापत्तनम में डेल्ही कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जायेगा मैच शाम साढे सात बजे शुरू होगा कल मुंबई इंडियंस ने पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को छह विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है आज जो टीम जीतेगी वो शुक्रवार को होने वाले दूसरे क्वालिफायर्स में चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलेगी जीतने वाली टीम फाइनल की दूसरी टीम होगी फाइनल मैच रविवार को हैदराबाद में खेला जाएगा मौसम प्रदेश में गर्मी के मौसम में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है कोई वेदर सिस्टम नहीं बनने हवा में नमी की कमी और तेज हवायें नहीं चलने से वातावरण गर्म बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार ओड़िशा में आये चकवाती तूफान के बाद अब गर्मी धीरे धीरे और बढ़ने लगेगी आने वाले दिनों में तपिश के बाद लू चलने के आसार बनने लगेंगे स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घण्टों में राज्य के सभी संभागों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ प्रदेश का अधिकतम तापमान खजुराहो और ग्वालियर में चवालीस डिग्री सेल्सियस रहा

इसके अलावा जबलपुर होशंगाबाद रीवा सीधी रायसेन और दमोह में बयालीस डिग्री सेल्सियस तापमान रहा अगले चौबीस घंटों में मौसम के बारे में विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा

इस कम में भोपाल में भारतीय रेडकास सोसायटी की राज्य इकाई द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया

युवाओं को इस दौरान मतदान की शपथ दिलाई गई